केन्द्र सरकार रिक्शा चालक छोटे दुकानदार और ग्रामीण मजदूरों जैसे असंगठित क्षेत्र के लिये लायेगी मेगा पेंशन योजना

करौली हिंडोन मार्ग पर गुडलागांव में भी आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने जाम लगाया है राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों से वार्ता के लिये तीन मंत्रियों की एक समिति गठित की है समिति में विश्वेन्द्र सिंह भंवरलाल मेघवाल और डॉ रघु शर्मा शामिल है आईएएस नीरज के पवन को भी इस काम में लगाया गया है यह समिति आज आंदोलनकारियों से वार्ता करने का प्रयास कर रही है

यह जानकारी श्रम और रोजगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार ने कल नोएडा में एक समारोह में दी वे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शताब्दी समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हाल के बजट में इसका प्रावधान किया गया है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को लाभ मिला है श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के लगभग तीन करोड़ श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है

आयोग ने इसके लिये सभी जिलों में संपर्क केन्द्र भी गठित किए हैं

यह निर्णय इस बारे में दायर एक अपील को खारिज करते हुए दिया गया है इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगी रोक भी हट गई है गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पिछली अक्टूबर को इस बारे में दायर याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद राज्य सरकार की ओर से परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था वहीं खण्डपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी

बहिष्कार की वजह से उच्च न्यायालय सहित अधीनस्थ अदालतों और राजस्व अदालतों में भी वकीलों ने पैरवी नहीं की

इस कार्यशाला का उद्घाटन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुनिश्वर नाथ भंडारी ने किया कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणालियों पर चर्चा की जा रही है इसमें प्रदेश के किशोर न्यायबोर्ड के मजिस्ट्रेट भाग ले रहे है

यह जानकारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कृमार सक्सैना ने कल जोधपूर में पत्रकारों से बातचीत में की उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये आयोग की ओर से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही है और कारीगरों को उपकरण और सहायता सामग्री निःशुल्क दी जा रही है

बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट भाग ले रहे है

गिरफ्तारी के समय यह लोग डकेती की योजना बना रहे थे पकडे गये सभी बदमाश बावरिया गैंग के सदस्य बताये जा रहे है पुलिस ने इनसे हथियार भी बरामद किये है ये जानकारी देते हुए एस पी कृंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि अजमेर शहर में लगातार बढ रही चोरी और नकबजनी की वारदातों को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था आरोपियों से पूछताछ जारी है

बाडमेर पुलिस इस समय मादक पदार्थो के खिलाफ अभियान चला रही है पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है

आरोपी को अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिये है

गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किये गये पांच गाड़ियां और छह मोटरसाईकले बरामद की गई है

इस बीच हनुमानगढ़ जिले में बरसात और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे करवाने का कार्य प्रशासन स्तर पर शुरू कर दिया गया है